राज्य के बाईस तरह के दिव्यांगों को सरकार से मिलेगी सभी सहायता

बीस से अधिक लोग घायल हुए हैं जबकि दर्जनों पशुओं की भी मौत हो गयी सबसे अधिक आठ लोगों की मौत सहरसा में हुई है दरभंगा में पांच कैमूर और रोहतास में तीन तीन लोगों की मौत हो गयी मधेपुरा अररिया खगड़िया मोतिहारी पूर्णिया औरंगाबाद और गया जिले में आठ लोगों की मौत की खबर है हालांकि राज्य आपदा विभाग ने आठ लोगों की मौत की पुष्टि की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर दुःख व्यक्त करते हुए मृतकों के आश्रितों को चार चार लाख रूपये की अनुग्रह राशि तुरंत उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं इधर मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई इलाकों में आंधी पानी और वज्रपात की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के उत्तर मध्य मध्य और दक्षिण पूर्वी इलाकों में लोकल थंडरस्ट्रॉम के साथ ही बंगाल से आ रही हवाओं के कारण गरज के साथ तेज बारिश हो सकती है कहीं कहीं बिजली गिरने की भी आशंका व्यक्त की गयी है आपदा विभाग ने इस दौरान लोगों से सतर्क रहने को कहा है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत बिहार के एक करोड़ आठ लाख से अधिक लोगों को प्रतिवर्ष इलाज के लिए पांच लाख रूपये तक का बीमा कवर मिलेगा पटना जिले के बिहटा में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि तीन सौ बेड के ईएसआईसी अस्पताल का निर्माण जुलाई महीने से शुरू होगा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को गांव गांव तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है श्री पांडेय ने कहा कि राज्य में पांच सौ चौंतीस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जायेंगे इस मौके पर केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत केन्द्र सरकार आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है राज्य निःशक्तता दिव्यांगजन आयुक्त शिवाजी कुमार ने कहा है कि राज्य में अब बाईस तरह के दिव्यांग हैं और इन्हें दिव्यांग को मिलने वाली सभी सुविधाएं दी जायेंगी उन्होंने कहा कि पहले सिर्फ सात तरह के दिव्यांग सूचित थे लेकिन अब उनकी संख्या बढ़कर बाईस हो गयी है श्री कुमार ने कहा कि निःशक्कता आयुक्त का चलंत कोर्ट हर जिले में लगाया जायेगा और दिव्यांगों की समस्याओं का निदान किया जायेगा शिक्षा विभाग के जनशिक्षा निदेशालय आठ जिलों में वंचित समाज के बच्चों के लिए विशेष शिक्षा अभियान चलायेगा इसका मकसद अनुसूचित जाति अतिपिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समाज के बच्चों का शैक्षणिक विकास करना है विशेष शिक्षा अभियान के लिए अरवल जहानाबाद सुपौल वैशाली पूर्णिया अररिया किशनगंज और कटिहार जिले का चयन किया गया है जनशिक्षा निदेशालय के निदेशक विनोदानंद झा ने बताया कि सरकार सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण भारत में स्वच्छता का दायरा पचासी प्रतिशत तक हो गया है यह विश्वभर में सबसे बड़ा व्यवहार बदलाव का कार्यक्रम है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि देशभर में ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव के तहत कुल सात करोड़ चालीस लाख शौचालय बनाए गए हैं इसके परिणाम स्वरूप तीन लाख अस्सी हजार से अधिक गांवों और तीन सौ इक्यानवे जिलों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है रेलवे ने ज्यादा सामान ले जाने वाले यात्रियों से जुर्माना वसूले जाने की योजना को फिलहाल टाल दिया है रेलवे के सूत्रों ने बताया कि योजना को लागू करने का उद्देश्य यात्रियों में जागरूकता पैदा करना था लेकिन वरीय अधिकारियों से विचार विमर्श के बाद जुर्माना लगाने की योजना को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है नक्सलग्रस्त बिहार समेत सात राज्यों की अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक भुवनेश्वर में हुई इसमें सभी राज्यों के वरीय पुलिस अधिकारी शामिल हुए बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार विजय कुमार ने की बैठक में उग्रवाद की बुराई से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये राज्यों के बीच आपसी तालमेल के मुद्दे पर चर्चा हुई इसमें राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में नक्सलवाद के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाये जाने पर भी विचार विमर्श किया गया मुंगेर के प्रमंडलीय आयुक्त पंकज कुमार पाल ने कर्तव्यहीनता के आरोप में मुंगेर और जमुई के जिला कृषि पदाधिकारी महेश कुमार सिंह और किरण किशोर प्रसाद के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है उन्होंने बताया कि ये अधिकारी कृषि योजनाओं के कार्यान्वयन और उसका लक्ष्य हासिल करने में विफल रहे हैं पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने शराब जब्त किये जाने के मामले के अनुसंधान में लापरवाही बरतने के आरोप में जिले के छब्बीस दारोगाओं का एक दिन का वेतन रोकने का आदेश वरीय पुलिस अधीक्षक को दिया है इन अनुसंधानकर्ताओं पर आरोप है कि शराब जब्ती के मामले की जांच की रिपोर्ट बार बार मांगने के बाद भी डीएम कार्यालय को नहीं सोंपी पूर्वी चंपारण के समहारणालय परिसर में तीन कर्मचारियों को शराब पीते हुए गिरफ्तार किया गया जिलाधिकारी के निर्देश पर इन कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है शिक्षा विभाग ने वित्तीय वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए अठारह अरब रूपये की मंजूरी दे दी है समस्तीपुर में खेली जा रही सुनैना वर्मा सीनियर महिला लीग क्रिकेट के एक मुकाबले में वेस्ट जोन ने साउथ जोन को आठ विकेट से हरा दिया इधर दलसिंहसराय में खेले गये एक अन्य मुकाबले में सेंट्रल जोन ने नार्थ जोन को छह विकेट से पराजित कर दिया पूर्णिया के डीएसए मैदान पर खेली जा रही रणधीर वर्मा अंडर नाईनटीन क्रिकेट के वर्षाबाधित क्वाटर फाइनल मुकाबले में औरंगाबाद ने टॉस के आधार पर सीवान को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली आज भागलपुर का मुकाबला मधुबनी से होगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हत्या की साजिश से जुड़ी खबरों को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने इस खबर का शीर्षक लगाया है मोदी की हत्या की साजिश का खुलासा दैनिक जागरण ने भी इसी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है राजीव गांधी की तरह मोदी को मारने की साजिश रच रहे थे माओवादी अखबारों ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में हुई भारी बारिश और वजपात से होने वाली मौत की खबर को प्रमुखता दी है और इसे अलग अलग शीर्षकों से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर ने लिखा है प्रदेश में आंधी बारिश ठनका से चौबीस की मौत अखबारों ने मौत के जिलावार आंकड़े भी प्रस्तुत किये हैं प्रभात खबर ने अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारियों की प्रोन्नति में आरक्षण के मुद्दे से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है प्रोन्नति में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची राज्य सरकार राष्ट्रीय सहारा ने उपेन्द्र कुशवाहा के उस बयान को सुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार में एनडीए पूरी तरह सुरक्षित इसके अलावा शराबबंदी कानून में सजा के प्रावधानों में कुछ हो सकता है बदलाव अब खैनी पर लगेगी रोक रिपोर्ट कार्ड में छात्रों को कमजोर नहीं दर्शाया जायेगा ट्रेन में ज्यादा समान ले जाने पर नहीं देना होगा जुर्माना से जुड़ी खबरों को प्रमुखता मिली है और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश के विभिन्न भागों में वजपात से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई सत्ताईस

राज्य के बाईस तरह के दिव्यांगों को सरकार से मिलेगी सभी सहायता